उच्चतम न्यायालय ने सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछडे लोगों के आरक्षण के निर्णय को लेकर केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश का गूर्जर समुदाय एक बार फिर आंदोलन पर उतर आया है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जरों ने सवाईमाधोपुर जिल के मलारना और निमोदा रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग को रोक दिया है

सवाईमाधोपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेन्द्र लोढा ने बताया कि समिति की ओर से पहले मलारना ड्रंगर में महापंचायत की गई और उसके बाद ये लोग पटरियों पर पहुंच गए इस बीच राज्य मानवअधिकार आयोग ने कल रात को दफ्तर खोलकर मामले का प्रसंज्ञान लिया और मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा के आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये है गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन को देखते हुए पूर्वी राजस्थान के अन्य जिलों में भी सुरक्षा के विशेष इतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है गूर्जर आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर जयपुर सवाईमाधोपुर रेलमार्गे पर भी गश्त तेज कर दी है चौथ का बरवाडा रेलवेस्टेशन पर रिजर्व में अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है आंदोलन के कारण करौली जिले के हिण्डोन सिटी से गूजरने वाले रेलमार्ग पर कई रेलगाडियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है वहीं मथुरा सवाईमाधोपुर र्पेसेंजर रेलगाडी को रद्द किया गया है

सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टर डॉ एस पी सिंह ने आदेश जारी कर गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर सभी जिलास्तरीय कार्यालय आज और कल भी खुले रखने के निर्देश दिये है इस बीच सरकार ने गुर्जरों से वार्ता करने के लिये तीन मंत्रियों की एक समिति गठित कर दी है इसमें विश्वेन्द्र सिंह भंवर लाल मेघवाल और रघु शर्मा शामिल है जानकारी के अनुसार समिति के सदस्य आज गुर्जर नेताओं से वार्ता कर सकते है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलन कर रहे गुर्जरों से शांति बनाए रखने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर गुर्जरों के हित में सभी कदम उठा चुकी है और अब केन्द्र सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी है उच्चतम न्यायालय ने सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को आरक्षण देने के निर्णय को लेकर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है यह जवाब इस बारे में दायर एक नई याचिका की सुनवाई करते हुए मांगा गया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह स्पष्ट किया है कि सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को नौकरियों और दाखिले में आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र तीन तलाक कानून को लागू करने से पीछे नहीं हटेगा कल पश्चिम बंगाल के मोइनागुड़ी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के सामार्जिक न्याय के लिए वचनबद्व है इस विषय पर कांग्रेस के रूख की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो न केवल संसद में कानून बनाने के रास्ते में रूकाबट खड़ी कर रही है बल्कि ये भी कह रही है कि वह सत्ता में आने पर इस कानून को वापस ले लेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर राज्यों के दो दिन के दौरे पर रहेंगे वे वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री आज अरुणाचल प्रदेश में द्रदर्शन का सेटेलाइट चैनल डीडी अरुणप्रभा की शुरुआत करेंगे सुचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस चैनल के शुरू हो जाने से दूरदराज के इलाकों की खबरे भी प्रसारित हो सकेंगी श्री मोदी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला भी रखेंगे

वे कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार पचास करोड़ भारतीयों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है

प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है

पांच पॉजीटिव मरीज वैंटीलेटर पर है केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लिये एक पोर्टल शुरू किया है केन्द्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे लाभार्थी किसानों के नाम इस पोर्टल पर डाल दें

दिव्यांगों के लिये पहले चलने वाली योजनाओं को फिर से चालू किया जायेगा यह जानकारी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही के पावापुरी में आयोजित दिव्यांग शिविर में दी उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व में जो योजनाएं चेलाई थीं उन्हें फिर से चालू कर जरूरतमंदों तक लाभ पहंचाया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि दिव्यांगों के कार्य एक छत के नीचे हों लिहाजा हमने दिव्यांगों का एक अलग निदेशालय बनाया है और इसे हम जिला स्तर पर भी सक्रिय करना चाहते हैं बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा एडीजे भर्ती परीक्षा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने के विरोध में जोधपुर के अधिवक्ताओं ने कल न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया इससे उच्च न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों का न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ

पक्षकारों ने स्वयं उपस्थित होकर पैरवी को वकीलों ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथ्य मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा

अधिवक्ता पचास प्रतिशत से कम कोटे को अस्वीकार कर रहे हैं

यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने दी उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य उद्योगों से जुड़ी योजनाओं कार्यक्रमों और गतिविधियों को ग्रासरूट तक पहुंचाना है डॉ अग्रवाल कल जयपुर में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ आज और कल अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे

इसके बाद श्री राठौड़ विराटनगर और आमेर में होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे श्री राठौड़ कल जमवारामगढ और कोटप्रतली में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे अलवर जिले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम कॉर्पोरेशन के दो ऑडिटर को कल दस दस हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया सीएजी के ऑडिट के पैरा नहीं लिखने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी उधर बांसवाडा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गढ़ी तहसील के भू अभिलेख निरीक्षक रमेश लाहौट को कल साठ हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया